मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि स्थानीय लोगों को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा विषेष पहल की जा रही है श्री सोरेन आज राजधानी रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन सभागार में तीन महत्वपूर्ण योजनाओं के उदघाटन के अवसर पर बोल रहे थे इस मौके पर उन्होंने कहा कि सुद्र ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना की शुरूआत की गयी है मुख्यमंत्री ने बताया कि नीलाम्बर पीताम्बर जल समृद्वि योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रहनेवाले लोगों को लाभ मिलेगा उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में भूखमरी और कुपोषण की समस्या के समाधान के लिए प्रयत्नषील है श्री सोरेन ने कहा कि बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में रहनेवाले लोगों को फलदार वृक्ष की खेती के लिए जमीन का पट्टा उपलब्ध कराया जाएगा

इस मौके पर विभागीय सचिव सहित कई अधिकारी मौजूद थे लॉक डाउन के कारण केरल में फंसे राज्य के मजदूरों को लेकर विषेष रेलगाड़ी आज दोपहर बाद धनबाद पहुंची धनबाद स्टेषन पर जिला प्रषासन के अधिकारियों द्वारा मजदूरों का स्वागत किया गया इस मौके पर मजदूरों की थर्मल स्कीनिंग भी की गयी विषेष रेलगाड़ी में नौ सौ सतहत्तर मजदूर सवार थे

उधर राजस्थान के नागौर से विषेष रेलगाड़ी नौ सौ पांच प्रवासी मजदूरों को लेकर रामगढ़ जिले के बरकाकाना स्टेषन पहुंची समी मजदूरों के स्वास्थ्य जांच के बाद जिला प्रषासन की ओर से उन्हें अपने अपने घर भेजा गया इधर केरल से भी विषेष रेलगाड़ी श्रमिकों को लेकर देवघर जिले के जसीडीह स्टेषन पहुंची प्रदेष कांग्रेस अध्यक्ष सह राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेष्वर उरांव ने कहा है कि देषभर के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए पार्टी और सरकार की ओर से सराहनीय प्रयास किया जा रहा है श्री उरांव आज पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे इस मौके पर उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रवासी मजदूरों को उनके घर वापसी के लिए सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं इस मौके पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि लॉक डाउन की स्थिति से उबरने के लिए कृषि विभाग द्वारा लगातार प्रयास कर रहा है उन्होंने कहा कि किसानों को राहत देने के लिए केन्द्र सरकार से तीन हजार नौ करोड़ रूपये की सहयोग राषि का प्रस्ताव भेजा जा रहा है जनजातीय मामलों के केन्द्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि यैथ्विक महामारी कोरोना वायरस का प्रभाव जनजातीय समुदाय में नगण्य है इसके बावजूद मंत्रालय राज्यों में जनजातीय मामलों से संबंधित अधिकारियों के संपर्क है उन्होंने कहा कि हालात पर नजर रखने के लिए राज्यों से लगातार संपर्क किये जा रहे हैं श्री मुंडा ने कहा कि शहरी क्षेत्रों के व्यापारियों का जनजातीय क्षेत्र के साप्ताहिक हाट बाजार में आवागमन निषेध किया गया है

उन्होंने कहा कि दुनियामर के लोगों और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसकी पृष्टि की है उन्होंने कहा कि देश में सामुदायिक स्तर पर कोरोना संक्रमण का कोई प्रमाण नहीं मिला है

उन्होंने कहा कि अब तक दस लाख लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है और सरकार बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से इस काम को अंजाम दे रही है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि देश में एक सौ तीस हॉट स्पॉट जिले हैं और सरकार की प्रतिदिन एक लाख सेंपल जांच करने की योजना है पाकुड़ जिले में कोरोना संकमण से बचाव और रोकथाम के लिए जिला प्रषासन द्वारा विभिन्न स्तरों पर प्रयास किये जा रहे हैं इसके अलावा राज्य और केन्द्र सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ लाभुकों को दिया जा रहा है प्रधानमंत्री उज्जवला योजना और जन धन योजना के माध्यम से लाभुकों को गैस सिलिंडर और पांच पांच सौ रूपये की राषि लोगों में खातों में भेजी जा रही है

वे आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत कर रही थी इस मौके पर उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने आज से पूर्णबंदी दो सप्ताह के लिए बढ़ाने और कम जोखिम वाले जिलों में पर्याप्त छूट देने की घोषणा की थी स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के सात सौ जिलों को रेड ऑरेंज और ग्रीन क्षेत्रों में विभाजित किया है उन्होंने बताया कि पूर्णबंदी की विस्तारित अवधि में एक राज्य से दूसरे राज्य में सामानों के परिवहन से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष से संपर्क किया जा सकता है संयुक्त सचिव ने बताया कि लॉक डाउन के तीसरे चरण में भी हवाई यात्रा रेलगाड़ी और अंतर्राज्जीय बसों का परिचालन पूरी तरह से बंद रहेगा इसके अलावा षिक्षण संस्थान मॉल सिनेमा घरों को भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है

उत्पाद एवं मद्य निषेध तथा स्कूली षिक्षा एवं साक्षरता मंत्री जगरनाथ महतो ने कहा है कि सरकार छात्रों को गुणवत्तायुक्त षिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है आज गिरिंडीह में स्थानीय विधायक के प्रयास से शुरू की गई केबल टीवी ऑनलाइन पढ़ाई की शुरूआत कार्यकम के अवसर पर उन्होंने कहा कि ऑनलाइन केबल पढ़ाई की शुरूआत पूरे राज्य में की जाएगी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

अरविंद सक्सेना की अध्यक्षता में आयोजित यूपीएससी की उच्चस्तरीय बैठक में इस आषय का निर्णय लिया गया यूपीएससी द्वारा बीस मई तक स्थिति के आकलन के बाद नई तिथि की घोषणा की जाएगी आयोग ने केन्द्र सरकार द्वारा चार मई से और दो सप्ताह के लिए लॉक डाउन बढ़ाये जाने के बाद परीक्षा स्थगित करने का निर्णय लिया झारखंड राज्य सुचना आयोग द्वारा अगले आदेष तक सभी प्रकार के वादों की सुनवाई स्थगित कर दी गयी है

मौसम विभाग के अनुसार आज गढ़वा पलामू चतरा और हजारीबाग जिले में कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिष हुई इधर राजधानी रांची सहित अन्य जिलों में भी आसमान में बादल छाये रहे और कहीं कहीं छिटपुट बारिष हुई

घायल को डालटनगंज स्थित पलामू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया